राज्य मंत्रिमंडल ने नई इथेनॉल उत्पादन नीति को दी मंजूरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कोरोना काल के दौरान लगातार दूसरी बार यह प्रोन्नति दी गयी है शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी संकल्प में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के सभी विद्यालय तेरह मार्च दो हजार बीस से ही बंद कर दिये गये थे संक्रमण के प्रभाव में कमी को देखकर आठ फरवरी से कक्षा छह से आठ जबकि एक मार्च से पहली से पांचवी कक्षाएं सशर्त खोली गयी हैं राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य के मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और होली को देखते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं नये दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों के लिये कोरोना निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा जिनके पास संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होगा उन सभी की रैपिड एंटीजन जांच की जायेगी और पॉजिटिव मिलने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जायेगा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर जांच करवायी जायेगी यह व्यवस्था आज से प्रभावी हो गयी है जिन पंचायतों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से लोग आये हैं वहां माईकिंग के माध्यम से कोविड उन्नीस की जांच के लिये लोगों को प्रेरित किया जायेगा इस काम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की भी मदद ली जायेगी इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में कोविड उन्नीस के मामले मिलेंगे वहां मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा और आसपास के लोगों की कोरोना जांच करवायी जायेगी सभी सिविल सर्जन को कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेत्थ सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करने और उसे तैयार रखने के निर्देश दिये गये हैं नये दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है लोगों से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और अन्य एहतियाती उपायों पर अमल करने की अपील की गयी है प्रदेश में अब तक कोविड उन्नीस के दो लाख इकसठ हजार दो सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में उनतीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में सोलह जिलों से उनचास नये मामलों की भी प्रष्टि हुई सबसे अधिक पन्द्रह मामले पटना से सामने आये हैं वहीं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ छियालीस है जिसमें सबसे अधिक पटना में एक सै नवासी मरीज है प्रदेश में अब तक पन्द्रह लाख छप्पन हजार छह सौ बावन लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें बारह लाख इक्कीस हजार तीन सौ बाईस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख पैंतीस हजार तीन सौ तीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है वहीं साठ साल से अधिक उम्र के पांच लाख नौ हजार सात सौ इक्यासी और पैंतालीस से उनसठ वर्ष के गंभीर रोग से पीड़ित सतहत्तर हजार छह सौ बासठ लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है देश में कुछ राज्यों में हाल में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिये गये पांच सूत्रों को संक्रमण से निपटने का सबसे बेहतर उपाय बताया है यह पांच सूत्र हैं संकल्प संयम सकारात्मकता सम्मान और सहयोग

राज्य सभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में श्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा में एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से अलग नया एम्स स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है राज्य सरकार ने प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन के लिए नई नीति को मंजूरी दी है इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का चावल और सड़े हुये अनाज से इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया नई नीति के तहत कम्पनियां बैगेर चीनी उत्पादन के सिर्फ इथेनॉल बना सकेगी वर्तामान में प्रदेश में बारह करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है इसे बढ़ा कर पचास करोड़ लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार नई इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने वाले निवेशकों को पन्द्रह प्रतिशत सब्सिडी और अधिकतम पांच करोड़ रूपये तक की आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार ऐसी इकाईयों को वर्ष दो हजार सोलह की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अलावा प्रंजीगत अनुदान का लाभ भी देगी कैबिनेट की बैठक में चालिस प्रस्तावों की भी मंजूरी दी गयी है राज्य सरकार ने कहा है कि पदोन्नति पर उच्चतम न्यायालय की रोक हटते ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन देने की कार्रवाई शुरु की जायेगी

राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को अनुसंशा भेजने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है गौरतलब है कि राज्यपाल कोटे की यह बारह सीटें मई दो हजार बीस से खाली है केन्द्र सरकार ने बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर दो लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति दी है इस पुल के निर्माण पर लगभग दो सौ चार करोड़ चौबीस लाख रूपये खर्च होंगे

पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से कराया जायेगा रोहतास जिला को झारखंड से जोड़ने वाले इस पुल की लम्बाई लगभग ढ़ाई किलोमीटर होगी नमामि गंगे मिशन के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे प्रदेश के सभी जिलों में इकतीस मार्च तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जायेगा इस दौरान गंगा किनारे सफाई श्रमदान नुक्कड़नाटक और गंगा को साफ रखने का संकल्प लिया जायेगा इस कार्यक्रम में एनसीसी और नेहरू युवा केन्द्र के सदस्य भाग लेंगे तय कार्यक्रम के अनुसार पटना में कल हाजीपुर में बाईस मार्च बक्सर में चौबीस मार्च सुल्तानगंज में पच्चीस और मुंगेर में छब्बीस मार्च को स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जायेगा सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी जवानों ने पच्चीस किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर चंदन कुमार वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र का रहने वाला है बरामद चरस का मूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार में छह करोड़ रूपये बताया गया है द्रनिया के सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों में पटना बत्तीसवें और मुजफ्फरपुर अट्ठाईसवें स्थान पर है स्विट्जरलैंड की संस्था आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि गया में प्रद्रषण का वार्षिक पीएम दो दशमलव पांच औसत छियालीस दशमलव तीन माईक्रोग्राम है यह रिपोर्ट एक सौ छह देशों के पीएम टू प्वांट फाईव डेटा पर आधारित है वहीं हाजीपुर वायु प्रदूषण के मामले में पैंसठवें स्थान पर है जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे प्रद्रषित राजधानी शहरों में शामिल है पटना की एक सत्र अदालत ने व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा और विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही पचपन पचपन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई पूर्णिया जिले की बायसी थाना पुलिस ने दालकोला चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से आठ सौ तैंतीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है कर्नाटक में उन्नीस से इक्कीस मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है इस प्रतियोगिता में सब जूनियर और जूनियर कुश्ती स्पर्धा होगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बीस मार्च से बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल शुरू हो रहा है इस प्रतियोगिता में पांच टीमें भाग लेंगी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला छब्बीस मार्च को खेला जायेगा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 हिन्दुस्तान ने अपनी सुर्खी बनाते हये लिखा है देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक राज्य सभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एमेंडमेंट बिल दो हजार बीस की मंजूरी की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है विशेष मामलों में चौबीस सप्ताह तक होगी गर्भपात की इजाजत दैनिक भास्कर का शीर्षक है विधानसभा में फिर हाथापाई को नौबत स्कूल में शराब जब्ती मामले पर रामसूरत राय और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी फिर उलझे प्रभात खबर की सुर्खी है गया में मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर तीन एके सैंतालीस व एक इंसास बरामद आज अखबार लिखता है एक अप्रैल से बदल जायेंगे इनकम टैक्स के नियम

राज्य मंत्रिमंडल ने नई इथेनॉल उत्पादन नीति को दी मंजूरी